इसमें जयपुर जयपुर ग्रामीण गंगानगर बीकानेर चूरू झुंझुंनू सीकर अलवर भरतपुर करौली धौलपुर दौसा तथा नागौर लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए

तेज गर्मी के बावजूद मतदाताओं में वोट डालने को लेकर विशेष उत्साह देखा गया सुबह से ही मतदान केन्द्रों पर लम्बी कतारें लग गयी

उधर अलवर जिले के कठूमर के खेड़ा कल्याणपुर के बीएलओ की चुनाव ड्यूटी के दौरान रोडवेज बस की चपेट में आने से मौत हो गयी

उधर दौसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि कई स्थानों पर महिलाएं मंगल गीत गाती हुई मतदान केन्द्र पर पहुंची

उन्होंने देश के निर्माण के लिए मतदान को आवश्यक बताया उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में चार दीवारी स्थित मतदान केन्द्र पर अपने मताधिकार का उपयोग किया उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए सबका इसमें भाग लेना आवश्यक है

बीकानेर सुरक्षित सीट पर भाजपा प्रत्याशी केन्द्रीय मंत्री अुर्जन राम मेघवाल और कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व आईपीएस मदन गोपाल मेघवाल के बीच मुख्य मुकाबला है वहीं जयपुर ग्रामीण में दो पूर्व ओलम्पियन के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है इनमें भाजपा प्रत्याशी और केन्द्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने कांग्रेस उम्मीदवार और सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया मैदान में है

जम्मू कश्मीर में लद्दाख निर्वाचन क्षेत्र तथा अंनतनाग निर्वाचन क्षेत्र के पुलवामा और शोपियां जिलो में मतदान कराया गया

वहां कुछ जगहों से हिंसा की छिटपुट घटनाओं की जानकारी मिली है निर्वाचन आयोग ने बैरकपुर संसदीय सीट के अन्तर्गत मोहनपुर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह पर हमला करने के सिलसिले में स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है इस निर्वाचन क्षेत्र के तहत उन इलाकों में तनाव है जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़पों की खबर है बोनगाँव और हुगली में भी छिटपुट हिंसा की खबरे हैं इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह स्मृति ईरानी राज्यवर्द्धन राठौर अर्जुन राम मेघवाल और जयंत सिन्हा तथा भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी और अर्जुन मुंडा तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोनिया गांधी और जितिन प्रसाद शामिल है

विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और झारखंड में चाईबासा में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समति ने कल अपनी रिपोर्ट पेश कर दी इसके अनुसार समिति को शीर्ष अदालत की पूर्व अधिकारी और शिकायतकर्ता के आरोपों में कोई तथ्य नजर नहीं आया हालांकि ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है

हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि ये पिछले साल के मुकाबले साढे तीन प्रतिशत अधिक रहा है

अजमेर में सभी उपखंड मुख्यालयों और जिला कलेक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष बनाये गये हैं जो चौबीस घंटे खुले रहेंगे इसके अलावा विवाह समारोहों में काम करने वाले वाले हलवाइयों बाजे वालों और पंडितों से भी बाल विवाह होने की जानकारी नियंत्रण कक्ष को देने के आदेष दिये गये है सवाईमाधोपुर में भी बाल विवाह की रोकथाम के लिये नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है

तीन बार की चौम्पियन मुम्बई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा डेल्ही कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया है हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी और अंतिम टीम रही कल शाम साढ़े सात बजे पहले क्वालीफायर मैच में मेजबान चेन्नई का मुकाबला मुम्बई से होगा

पनडुब्बी को वेला नाम दिया गया है जो वेला श्रेणी की पिछली अग्रणी पनडुब्बी से लिया गया है